गोवा में पणजी के निकट संखलिम गांव में सीसा फुटबाल अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए श्री राठौर ने कहा कि खेल अब य्वाओं के लिए एक पूर्ण तौर पर पेशा बन गया है बहत से य्वाओं ने कामनवेल्थ और एशियन खेलों में पदक प्राप्त किए है और अब वो ओलपिक खेलों में पदक प्राप्त करने के आकांशी है पूर्व सांसद अजय चौटाला व हिसार से सांसद दृष्यंत चौटाला के समर्थकों ने आज रोहतक में इनैलो कार्यालय पर कब्जा कर लिया समर्थकों ने इनैलो को झंडा उतार कर दिया और अभय चौटाला का फोटो भी हटा दिया इनैलो के तीन विधानसभा हल्का अध्यक्षों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है रोहतक से हमारे संवाददाता ने बताया कि पार्टी के महम विधानसभा हल्का अध्यक्ष संजय बल्हारा गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा हल्का अध्यक्ष संदीप हडडा व रोहतक विधानसभा हल्का विधानसभा अध्यक्ष राजेश सैनी ने इनैलो को छोड़ने का ऐलान किया है रोहतक के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मपाल मकड़ौली व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बलवाल स्हाग भी पार्टी छोड़ने वाले में शामिल है

उधर इनैलो नेता अभय चौटाला ने आज सिरसा में अजय चौटाला की प्रस्तावित पार्ट्री बारे कहा कि न्या दल किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर पायेगा एक पत्रकार को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अजय चौटाला और नैना चौटाला पुत्रमोह में ऐसा कर रहे है और उनके भाषणों में भी विपक्ष का विरोध कम प्त्र मोह ज्यादा दिखाई देता है विभिन्न मंचों से अभय चौटाला को गूंडा और जयचंद की संज्ञा पर अभय चौटाला ने कहा कि अगर ये सत्य है तो वे इतनी देर तक उनके साथ कैसे रहे उन्होंने कहा कि ये सब लोगों को बरगलाने के लिए कहा जा रहा है

अभय चौटाला ने कहा कि वह राज्य सरकार और कांग्रेस की पोल खोलने के लिए एक दिसम्बर से अधिकार यात्रा श्रू कर रहे है उन्होंने कहा कि उनका मकसद बहजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि मानव सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है मानवता की सेवा नारायण की सेवा के बराबर है ऐसी सेवा में धर्म और कर्तव्य दोनो की झलक मिलती है

इस अवसर पर उन्होंने प्रतियोगिता की विजेता टीमों को प्रस्कार वितरित किए

इस सफल आयोजन पर सेंट जॉन एंब्लेंस विंग हरियाणा व जिला प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देते हए उन्होंने कहा कि यह संस्था किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सबसे आगे रहती है उन्होंने केरल में बाढ़ के कारण हई तबाही के दौरान रेडक्रॉस द्वारा की गई सेवाओं के लिए भी संस्था की प्रंशसा की सिरसा जिले के जिन गांवों में प्रशासन द्वारा जागरुक करने के बाद भी पराली जलाई गई है उन गांवों की आगामी छह माह तक रजिस्ट्री नही होगी और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम व वाहनों की रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा इन गांवों के सरपंचों के खातों को छह माह के लिए सील कर दिया जाए उपाय्क्त प्रभजोत सिंह ने गांवों में पराली न जलाने के आदेशों पर समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिये है उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को पराली न जलाने के आदेशों का बहिष्कार करते हुए अपने खेत में पराली जलाने वाले ऐलनाबाद के गांव करीवाला के सरपंच को निलबित करने के आदेश दिए उन्होंने सभी तहसीलदारों को हिदायत दी कि वे कानूनगों पटवारियों को सख्त निर्देश दें कि वे जहां भी पराली जलाई गई है उनका चालान काटें तथा पर्यावरण प्रद्रषण नियम के तहत केस दर्ज करें

यम्नानगर जिले के कस्बा बिलासप्र स्थित ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल तीर्थराज में चल रहे कपाल मोचन मेले में आज द्सरे दिन एक लाख से ज्यादा श्रद्वाल् पहंचे यम्नानगर के उपाय्क्त गिरीश अरोड़ा ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्वालूओं की स्विधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है

हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा ने बताया कि पांच दिनों तक लगने वाले इस मेले में श्रद्घाल्ओं की स्विधा व स्रक्षा के लिए जिला प्रशासन प्लिस प्रशासन व अन्य विभागों दवारा व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं

मेले में पहंचे श्रद्वाल् प्राचीन तीर्थ स्थल श्री आदी बद्री भी जा रहे है काफी संख्या में आज श्रदवालुओं ने शिवालिक पहाड़ी पर स्थित प्राचीन श्री मंत्रा देवी में जाकर प्जा अर्चना की

कपाल मोचन मेला को पोलीथीन मुक्त रखा गया है और पर्यावरण स्रक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि महेंद्र सिंह सांगवान के खिलाफ प्रासंगिक दंड एवं अपील नियमों के तहत पांच आरोप पत्र थे एक आरोप पत्र में उप मंडल अधिकारी नागरिक के रूप में कार्य करते समय ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने तथा मोटर वाहनों के पंजीकरण में अनियमितताओं के आरोप थे तीन आरोप पत्र भ्रमि अधिग्रहण मामलों में आरएफए दायर करने में देरी के कारण जारी किए गए थे शेष एक आरोपपत्र जिला पंचकूला में गांव चौकी के भूमि अधिग्रहण मुआवजे के वितरण में अनियमितताओं के कारण जारी किया गया था नरेश श्योकंद के खिलाफ प्रासंगिक दंड एवं अपील नियमों के तहत दो आरोप पत्र थे